सत्रहवीं बिहार विधानसभा का सत्र बुलाने की तारीख पर दी जायेगी मंजूरी

औपचारिक घोषणा बाकी कोरोना महामारी नियंत्रण मामले में बिहार देश का अव्वल राज्य बना

और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य भर में बढ़ी ठंड

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

बैठक आज सुबह साढ़े ग्यारह बजे होगी बैठक में नवगठित सत्रहवीं बिहार विधानसभा के सत्र बूलाने को लेकर निर्णय किया जायेगा आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सत्रहवीं बिहार विधानसभा के सत्र शुरू होने की तिथि पर फैसला लिया जायेगा सूत्रों के अनुसार छठ महापर्व सम्पन्न होने के बाद विधानसभा का पहला सत्र तेईस नवम्बर से होगा सत्र के दौरान सबसे पहले प्रोटेम स्पीकर का मनोनयन किया जायेगा प्रोटेम स्पीकर निर्वाचित विधायकों को शपथ दिलायेंगे इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा जदयू भाजपा के बीच समझौते के तहत इस बार विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा के कोटे में गया है इधर नई सरकार के गठन के बाद आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा होने की भी संभावना है भारतीय जनता पार्टी ने पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष पद के लिये नामित किया है श्री यादव सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और वे पटना जिले की पटना साहिब सीट से निर्वाचित हुए हैं हालांकि अभी तक उनके नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की गयी है उच्चतम न्यायालय ने दागियों के चूनाव रद्द करने के लिए केन्द्र को आदेश देने से इंकार किया है दागी सांसदों और विधायकों के चुनाव को रद्द करने संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने कहा है कि यह तय करना संसद का अधिकार है गौरतलब है कि देश भर की विभिन्न अदालतों में चार हजार हजार से अधिक नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमें चल रहे हैं इनमें से दो हजार पांच सौ छप्पन वर्तमान सांसदों और विधायकों के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं केन्द्र सरकार ने भ्रष्ट पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की फोटो पुलिस स्टेशन के नोटिस बोर्ड पर लगाने का फैसला किया है इसके साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों के कारनामों का ब्यौरा भी नोटिस बोर्ड में चिपकाया जायेगा जारी निर्देश में कहा गया है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपराध के साथ इनकी तस्वीर भी पोस्ट की जायेगी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने कोविड महामारी के कारण ईपीएस पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा उनके आवास पर या उसके निकट मुहैया कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराएं हैं इन सभी माध्यमों और एजेंसियों के माध्यम से जमा कराए जाने वाले जीवन प्रमाणपत्र प्ररी तरह वैध होंगे इनके अलावा इसे संगठन के एक सौ पैंतीस क्षेत्रीय कार्यालयों तथा एक सौ सत्रह जिला कार्यालयों पेंशन वितरक बैंक की शाखाओं नजदीक के डाकघरों और देशभर में तीन लाख पैंसठ हजार सामान्य सेवा केन्द्रों में भी जमा किया जा सकता है इसके अलावा उमंग ऐप के जरिए भी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र दिया जा सकता है हाल में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने पेंशनभोगियों को उनके घर पर डिजिटल प्रमाणपत्र सेवा उपलब्ध कराने की शुरूआत की है कर्मचारी भविष्य निधि कोष के पेंशनभोगी इस सेवा के लिए सामान्य शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन अनुरोध कर सकते हैं नजदीक के डाकघर से पोस्टमैन उनके घर जाएगा और डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया प्ररी करेगा नए दिशानिर्देशों के अनुसार संगठन के पेंशनभोगी अब अपनी सुविधा के अनुसार वर्ष के दौरान कभी भी यह प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं यह एक साल तक वैध होगा जिन पेंशनभोगियों को पेंशन पेमेंट ऑर्डर दो हजार बीस में जारी किया गया है उन्हें एक साल पूरा होने तक जीवन प्रमाणपत्र अपलोड करने की जरूरत नहीं है खरीफ मौसम दो हजार बीस इक्कीस के लिए समर्थन मूल्य पर धान की खरीद विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में सुचारू रूप से जारी है अभी तक दो सौ इक्यासी लाख अट्ठाईस हजार मीट्रिक टन से अधिक धान खरीदा जा चुका है पिछले वर्ष इस दौरान दो सौ तैंतीस लाख नवासी हजार मीट्रिक टन धान खरीदा गया था इस वर्ष पिछले वर्ष की इस अवधि के मुकाबले बीस दशमलव दो पांच प्रतिशत अधिक धान की खरीद की गई है पटना हवाई अड्डे से आज से सौ विमानों की आवाजाही शुरू होगी लॉकडाउन के बाद हवाई अड्डा प्रशासन ने नया शिड्यूल जारी किया है इसके अंतर्गत पटना हवाई अड्डे से तेरह शहरों के लिए अठासी उड़ाने उपलब्ध होंगी इस नये समय सारिणी में दिल्ली मुम्बई पुणे कोलकाता और बेग्लूरू के लिए नये विमान शामिल किये गये हैं कोरोना महामारी पर नियंत्रण के मामले में बिहार देश का अव्वल राज्य बन गया है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के पन्द्रह राज्यों के कोरोना संक्रमितों के आंकड़े जारी किये है इसके तहत बिहार में प्रति दस लाख की आबादी पर अन्य राज्यों की तुलना में कोरोना संक्रमितों की संख्या सबसे कम है जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति दस लाख आबादी पर प्रदेश में एक हजार आठ सौ आठ मामले पाये गये हैं बिहार के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे जबकि मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर है पड़ोसी राज्य झारखंड कोरोना महामारी के नियंत्रण के मामले में पांचवें स्थान पर है बिहार में कोविड उन्नीस से ठीक होने वालों की दर बढ़कर संतानवे प्रतिशत से भी अधिक हो गयी है अब तक राज्य में दो लाख बीस हजार से अधिक लोग इस महामारी से स्वस्थ हुए हैं इधर स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में पिछले चौबीस घंटो के दौरान कोविड संक्रमण के पांच सौ सत्रह नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक एक सौ इक्यासी नये मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई हैं वहीं सहरसा में तैंतीस गया और मुजफ्फरपुर में छब्बीस छब्बीस अररिया नवादा में उन्नीस उन्नीस जहानाबाद और कटिहार में अठारह अठारह नये मामलों की प्रष्टि हुई है राज्य में कोविड उन्नीस के सक्रिय मामलों की संख्या पांच हजार सात सौ बयासी हो गयी है अब तक इस महामारी से एक हजार एक सौ नवासी लोगों की मृत्यु हुई है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के प्रशासन प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ सतपथी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सही तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया है डॉक्टर सतपथी ने इस महामारी के समय पांच सावधानियों पर अमल करना आवश्यक बताया

तीसरा है कि हमें इकट्टा बैठकर क्लोज सर्कल में नहीं खाना चाहिए अगर इकट्टा खाना चाहिए तो एक बड़े जगह पे या खुली जगह पे जहां पे हम दो गज की दूरी आपस में मेंटेन करते हुए अगर खाएं तो उसके चांसेज डिसइन्फेक्शन के कम होते हैं चौथा है कि जब भी हम खांसे या छींकें हमें कफ ऐटिकेट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए यानि कि अपने कोहनियों को मोड़कर उसके अन्दर हम छींकें पांचवां ये है कि जब भी हमें कोई इस तरह का न सिम्टम्स हो बुखार हो या फिर ड्राई कफ हो या फिर लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मैल हो इस तरह के कोई भी सिमटम्स हों तो हमें तुरन्त टैस्ट करा लेना चाहिए नियर बाइ सेंटर में वायु प्रदूषण के मामले में मुजफ्फरपुर पहले स्थान पर है जबकि पटना देश में तीसरे स्थान पर है मुजफ्फरपुर में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर दो सौ सत्तासी दर्ज किया गया है वहीं पटना का एक्यूआई का औसत स्तर दो सौ इक्यावन रहा है वायु प्रदूषण विशेषज्ञ ने बताया कि पटना में वायु प्रदूषण में उतार चढ़ाव जारी है आये वाले दिनों में कोहरा का असर बढ़ने से वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर में बढोतरी होगी इधर चिकित्सकों ने प्रदूषण से बचने के लिए लोगों को घर से निकलते समय मास्क का उपयोग करने की सलाह दी लोक आस्था का महापर्व छठ का चार दिवसीय अनुष्ठान कल नहाय खाय के साथ शुरू हो जायेगा गुरूवार को खरना का अनुष्ठान किया जायेगा वहीं छठव्रती शुक्रवार को अस्तचलगामी सूर्य को अर्घ्य अर्पित करेंगे और शनिवार की सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य देंगे इधर प्रशासन की ओर से छठ पर्व को लेकर घाटों की ओर जाने वाले संपर्क पथों की साफ सफाई युद्धस्तर पर जारी है प्रशासन ने गंगा नदी में नौका परिचालन तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम और मेले के आयोजन पर पाबंदी लगाने का आदेश जारी किया है इधर अन्य प्रदेशों से आने वाले सभी लोगों की कोरोना जांच कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष व्यवस्था की है रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर कोविड जांच के लिए विशेष शिविर लगाया गया है पश्चिमी विक्षोभ के कारण पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट दर्ज की गयी है पटना का अधिकतम और न्यूनतम तापमान पिछले चौबीस घंटों के दौरान पांच डिग्री तक नीचे गिरा है पटना का न्यूनतम तापमान सोलह दशमलव चार डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया वहीं उत्तर बिहार के कई जगहों पर हल्की बारिश भी हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले अड़तालीस घंटों के दौरान उत्तरी पश्चिमी हवाएं चलने और पर्वतीय इलाकों में हो रही बर्फबारी के कारण ठंड में और बढ़ोतरी होगी इक्कतीसवीं बिहार न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा छह दिसम्बर को आयोजित की जायेगी इधर बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से दारोगा भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन उनतीस नवम्बर को होगा सीबीएसई ने चौदहवीं केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए परीक्षा केन्द्र का शहर चुनने की प्रक्रिया की अंतिम तारीख एकबार फिर बढ़ा दी है इसके लिए अब छब्बीस नवम्बर तक का समय दिया गया है हिमाचल प्रदेश के मनाली चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कल एक वाहन के खाई में पलटने से बिहार के सात श्रमिकों की मौत हो गयी ये सभी मृतक श्रमिक कटिहार जिले के कदवा के रहने वाले थे भागलपुर पुलिस ने लोदीपुर खुटह गांव से पचास हजार के इनामी अपराधी रविन्द्र यादव को गिरफ्तार किया है पटना रेलवे स्टेशन के पास रेल यार्ड में खड़ी एक पैसेंजर ट्रेन से रेल पुलिस ने भारी मात्रा में शराब जब्त की है मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड अंतर्गत गांधी मैदान में आज तारा देवी स्मृति एकदिवसीय फूटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा इस प्रतियोगिता में बिहार और उत्तर प्रदेश की टीमों के बीच मुकाबला होगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण समारोह की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान का शीर्षक है मुख्यमंत्री का नया कीर्तिमन बिहार में सातवीं बार बनी नीतीश सरकार अखबार लिखता है सत्रहवीं विधानसभा का पहला सत्र तेईस से प्रभात खबर ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है नीतीश की सातवीं पारी शुरू पहली बार दो डिप्टी सीएम दोनों भाजपा के दैनिक जागरण का सुर्खी है रेणु देवी बिहार की पहली महिला डिप्टी सीएम बनीं दैनिक आज लिखता है जदयू के पांच भाजपा के सात वीआईपी और हम से एक एक मंत्री ने ली शपथ दैनिक भास्कर का शीर्षक है शपथ पर विपक्ष का रूख तेजस्वी ने किया बहिष्कार चिराग को बुलाया ही नहीं

सत्रहवीं बिहार विधानसभा का सत्र बुलाने की तारीख पर दी जायेगी मंजूरी

कोरोना महामारी नियंत्रण मामले में बिहार देश का अव्वल राज्य बना

और पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य भर में बढ़ी ठंड